जिला प्रशासन ने जांच के दिये आदेश

बगहा में कुख्यात महिला नक्सली निशा मांझी गिरफ्तार और राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में पछुआ हवा के कारण ठंड बढ़ी

राज्य सरकार ने बाहर से लायी जाने वाली मछलियों की बिक्री और भंडारण पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है इसके बाद अब पटना के बाजारों में आंध्र प्रदेश की मछलियों की बिक्री का रास्ता खुल गया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इसकी प्रष्टि की है उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की एक टीम वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभिन्न स्थलों से मछलियों के सैंपल एकत्र कर रही है जिनकी जांच के बाद प्रतिबंध को लेकर अंतिम फैसला लिया जायेगा लेकिन फिलहाल पटना में आंध्र प्रदेश की मछलियों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है इधर प्रतिबंध हटाने की घोषणा के बाद मछुआरा संघ ने भी अपनी हड़ताल खत्म कर दी है सीवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेपुर चौवर गांव में अचानक एक एक कर सौ भेड़ों की मौत हो गयी जानकारी के अनुसार चरवाहा भेड़ों को चराने के लिये खेतों में गया था तभी इन भेड़ों की मौत हो गयी सूचना मिलने पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिये घटनास्थल पर टीम को रवाना किया है वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय डाक भुगतान बैंक लोगों विशेषकर ग्रामीणों के जीवन में बदलाव ला रहा है वे आज नई दिल्ली में भारतीय डाक भुगतान बैंक की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बोल रहे थे डाक भूगतान बैंक को क्रांतिकारी बैंकिंग प्रणाली बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि लोगों को बैंक के जरिए दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए साउंड बाईट पूरा जो प्रयोग रहा है इंडियन पोस्ट पेमैंट बैंक का मुझे पूरा विश्वास है ये अपने आप में इतिहास रचेगा और देश के हर नागरिक को खास तौर पर हमारे गांव में रहने वाले भाई बहनों को जो अधिकार हैं दैंकिंग सुविधाओं का जो उनकी जरूरत है अर्थध्यवस्था के साथ जुड़े भारत के विकास के साथ जुड़ने की उसको पूरा करने में बहुत अहम भूमिका यह वैंक निभाये गा इस अवसर पर संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि ये बैंक वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और डाक भूगतान बैंक के खातों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है

इंडियन पोस्ट पेमैंट बैंक पहुंच और नेटवर्क की दृष्टि से सबसे बड़ा बैंक वन गया है भारतीय डाक भुगतान बैंक का मूल मंत्र है आपका बैंक आपके द्वार रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेलमार्गों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण करने का काम शीघ्र ही प्रा हो जाएगा उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष चार हजार से अधिक डीजल चालित रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया और उम्मीद है कि इस वर्ष छह हजार किलोमीटर का विद्युतीकरण हो जाएगा उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून में संशोधनों पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है इन संशोधनों के अंतर्गत अग्रिम जमानत न दिए जाने की व्यवस्था फिर कायम की गई है न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इन मुद्दों पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है इसलिए केन्द्र की समीक्षा याचिका सहित सभी मामलों पर उन्नीस फरवरी को सुनवाई की जाएगी पश्चिम चंपारण औरंगाबाद और जमुई में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में पूलिस ने क्ख्यात महिला नक्सली निशा मांझी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस अधीक्षक अरविंद गुप्ता ने बताया कि वाल्मिकीनगर में नक्सलियों के इकट्ठा होने की सूचना पर कार्रवाई की गयी इसी दौरान महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया पकड़ी गयी नक्सली चंपापूर के पूर्व मूखिया मनोज सिंह हत्याकांड की मूख्य अभिय्क्त है इधर औरंगाबाद जिले के टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहार और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस और एसएसबी ने नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई में कई हथियार और आपत्तिजनक साम्रगी बरामद की है छापेमारी में एक रायफल हैंड ग्रेनेड दो पिस्टल और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किये गये हैं वहीं सीआरपीएफ की आईजी चारू सिन्हा ने आज जमुई में नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा के लिये बैठक की श्रीमती सिन्हा ने सुरक्षा बलों को प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्देश दिया है खनन और भूतत्व मंत्री विनोद सिंह ने कहा है कि राज्य में पत्थर के खनन को लेकर जल्द ही टेंडर जारी किया जायेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब उन्नीस सौ बहत्तर की नीति के तहत ही पत्थर खनन का कार्य किया जायेगा इससे गिट्टी का मूल्य कम होगा और सरकार को भी अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इकहत्तरवीं प्रण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र ने आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर आज देश भर में पूर्वाहन ग्यारह बजे दो मिनट का मौन रखा गया इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में पछ्आ हवा के कारण कनकनी बढ़ गयी है मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि हिमालय क्षेत्रों से आ रही ठंडी हवा के कारण राज्य में न्यूनतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गयी है रोहतास जिले के डेहरी आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया गया का न्यूनतम तापमान चार दशमलव आठ पटना आठ दशमलव तीन भागलपूर आठ दशमलव सात और पूर्णिया का नौ दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग ने अपने पूर्वान्रमान में कहा है कि अगले दो तीन दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा वहीं दो फरवरी के बाद तापमान में वृद्धि होने की सम्भावना है आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व आईएएस ब्रजकिशोर सिंह को तीन साल की सजा सुनायी गयी है सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपूर थाना क्षेत्र के ओलीपूर ताहिरपूर गांव से चौदह हजार आठ सौ लीटर अवैध शराब निर्माण सामग्री बरामद की गयी है उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि इन सामग्रियों की कीमत लगभग तीस लाख रूपये है बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र स्थित बाजार में आयकर विभाग की टीम ने गल्ला व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गोपालगंज में बारात से लौट रहा एक वाहन अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गये पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में पूलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया इनके पास से दो देशी कट्टा आधा किलो चरस और चोरी की एक मोटरसाईकिल बरामद की गयी है शेखप्रा में शिक्षा विभाग ने फर्जी आधार पर नौकरी करने वाले लिपिक भूपेन्द्र कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है जिलाधिकारी ने जांच के बाद लिपिक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था बक्सर जिला प्रशासन ने खाद की कालाबाजारी की शिकायतों के मददेनजर बेरासी द्रकानदारों का लाईसेंस रदद कर दिया है विभागीय जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि इन उर्वरक बिक्रेताओं द्वारा बिना पॉस मशीन के ही खाद की बिक्री की जा रही थी अररिया सदर अस्पताल से गायब हुए एक नवजात बच्चे को डुब्बा पंचायत से सकुशल बरामद कर लिया गया है इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है वहीं जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के भदेसर इलाके से दो युवक को एक देशी कट़टा के साथ गिरफ्तार किया गया सीतामढ़ी जिले के सदर अस्पताल में एआरटी केन्द्र को बेहतर कार्य के लिये देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिये पुरस्कृत किया गया बेगूसराय में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मुंगेर आउटरीच ब्यूरो इकाई ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया इस प्रतियोगिता में काफी संख्या में स्कूली छात्राओं ने भाग लिया शिवहर जिले के तरियानी थाना अंतर्गत नरवाड़ा चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र पर हमला कर एक लाख अस्सी हजार रूपये लूट लिये शेखपुरा के घाट कुसुमभा में पुलिस ने हथियार के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है केरल के कोल्लम में कल से दस फरवरी तक आयोजित होने वाले जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिये बिहार टीम में खगड़िया जिले की मीनाक्षी शिवानी और नाजरिन आगा का चयन किया गया है

जिला प्रशासन ने जांच के दिये आदेश

बगहा में कुख्यात महिला नक्सली निशा मांझी गिरफ्तार और राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में पछुआ हवा के कारण ठंड बढ़ी